मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे

प्रधानमंत्री इन परियाजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा कार्यक्रम में सम्मलित होंगे मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल और जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने वाराणसी में आज प्रेस प्रतिनिधियों को बताया कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बड़ी स्क्रीन पर छह स्थानों पर लाइव दिखाया जायेगा पांच एलईडी वैन भी मोबाइल रहेंगे उन्होंने बताया कि करीब डेढ़ हजार लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री सारनाथ लाइट एंड साउंड शो रामनगर में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के उन्नयन जल निकास संबंधी निर्माण गायों की सुरक्षा और संरक्षण संबंधी केंद्रों तथा बीज भंडारगृह से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे श्री मोदी सौ टन क्षमता वाले कृषि उत्पाद वेयर हाउस संपूर्णानंद स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए बने आवासीय परिसर वाराणसी के लिए बनी स्मार्ट लाइटिंग के अलावा एक सौ पांच आंगनबाड़ी केंद्रों और एक सौ दो आश्रय केंद्रों का उद्घाटन भी करेंगे इसके साथ ही प्रधानमंत्री दशाश्वमेध घाट और खिड़किया घाट पीएसी पुलिस बल के लिए बैरकों और काशी के कुछ वार्डों के पुनर्विकास सहित अन्य परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक को ब्लॉक थाना तथा तहसील स्तर पर आम आदमी की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में आयोजित बैठक में कहा कि ब्लॉक थाना तथा तहसील स्तर के कार्यालयों में सभी अधिकारी एवं कर्मचारी समय से उपस्थित हों और आम आदमी की समस्याओं के निस्तारण की मॉनिटरिंग भी की जाये उन्होंने कहा कि इन सभी कार्यालयों में ऑन लाइन प्रार्थना पत्र देने की व्यवस्था की जाये साथ ही लोगों की समस्याओं के समाधान से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाये मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लोगों की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के लिए प्रतिबद्ध है इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बदाश्त नहीं की जायेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि धान क्रय के लिये स्थापित केन्द्रों पर किसानों को कोई अस्विधा नहीं हानी चाहिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना का पूरा लाभ उन्हें मिलना चाहिए मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि किसानों को पराली जलाने से होने वाले पर्यावरण प्रद्षण के संबंध में जागरूक करते हुये उन्हें इसे न जलाने के लिए कहा जाये किसानों को यह भी बताया जाये कि खेतों में पराली जलाने से भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है

गत वर्ष की तुलना में तीन गुना अधिक धान खरीदा गया है उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा निरंतर धान खरीद की समीक्षा की जा रही है प्रदेश सरकार किसानों के साथ मिलकर पराली न जलाने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चला रही है अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से पराली प्रबंधन के संबंध में किसानों को जानकारी दी जा रही ह उन्होंने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि गत वर्ष पीलीभीत में मनरेगा के कन्वर्जन से गड्ढा बनाकर फसल अवशेष को खाद बनाने के लिए किये गये सफल प्रयोग को पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है बाइट पिछले वर्ष जब पीलीभीत में हम लोगों ने एक नया अनुभव जिला प्रशासन के माध्यम से हुआ था जिसने मनरेगा जो योजना है के माध्यम से जो हमारे लघु सीमांत कृषक हैं और जो ग्राम समाज की सार्वजनिक संपत्ति है उसमें हम लोगों ने मनरेगा का लेवर यूज करके खाद के गड्ढे खुदवाये थे और एक आंगनबाड़ी ऊषा ने कम्पोजर डेवलप किया जो हम लोग फ्री ऑफ कास्ट बटवा रहे हैं

इस साल लगभग ढाई लाख करीब हम लोगों ने इस तरीके डी कम्पोजर मंगवाये और फ्री ऑफ कास्ट जनपदों में वो बांटे जहां धान ज्यादा हो रहा है और किसानों को हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं आपके इंट्रेक्सन मशीनरी के माध्यम से और इसका अधिक से अधिक उपयोग करके खाद में परिवर्तित करने की कार्रवाई की जा रही है और यह मनरेगा में करवर्जन का भी कार्रवाई कई जग जिलाधिकारियों के माध्यम से आरंभ हो गया है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

लोग मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से कर इसके लिये जागरूकता अभियान चलाया जाये साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का हर हाल में पालन होना चाहिए मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने मेरठ जनपद में विशेष सतर्कता बरतने के निदश देते हुए कहा कि जिन जनपदों में प्रतिदिन पचास से सौ तक कोविड के मरीज आ रहे हैं उन जनपदों में भी विशेष सतर्कता बरती जाये उन्होंने कहा कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम पूरी सक्रियता के साथ संचालित किये जायें साफ सफाई एवं सैनिटइजेशन का कार्य निरंतर जारी रखा जाये और सभी अस्पतालों एवं चिकित्सा संस्थानों में फायर सेफ्टी का एनओसी अनिवार्य किया जाये प्रदेश सरकार ने कहा है कि कोरोना महामारी के बाद निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदमों के कारण राज्य में अब नया निवेश आना शुरू हो गया है राज्य सरकार कई देशों के उन निवेशकों के संपर्क में है जो अब प्रदेश में उद्योग लगाना चाहते हैं एक रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि हाल ही में एक जर्मन कंपनी जो अब तक चीन में जूतों का निर्माण कर रही थी उसने अपना निर्माण कार्य अब आगरा में शुरू कर दिया है

हाल ही में प्रदेश सरकार और दक्षिण अफ्रीकी युद्धक सामान निर्माता कंपनी के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं जिसके बाद यह कंपनी अन आर्म्ड व्हीकल यानी यूएवी सहित कई रक्षा उत्पादों के निर्माण की इकाइयां अलीगढ़ में स्थापित करेगी

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

उनकी पूरी जीवन यात्रा समाज के उत्थान के लिए थी आचार्य विनोबा जी द्वारा बताई गई बातें लोगों को सही और सफल मार्ग पर ले जाने में सहायक हैं

इसमें मिट्टी की लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाएं गोरखपुर का टेराकोटा तथा मिर्जापुर की ब्लैक पाटरी लोगों में आकर्षण का प्रमुख केन्द्र बने हुए हैं इसके अतिरिक्त मिटट्ी से निर्मित डिजाइनर दिये मूर्तियां बर्तन कुकर कढ़ाई तथा पानी की बोतल भी लोगों को खूब पसंद आ रही है